इस दौरान विभिन्न सरकारी वाहनों के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा

राजकीय निजी कार्यालयों में मास्क बांटे जाएंगे

यह चरण एक नवंबर से शुरू हुआ था

इसके माध्यम से लगभग डेढ लाख लोगों को स्वदेश लाया जाएगा कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में प्रभावित हुई शिक्षा को सुचारू करने के लिए शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है कल जयपुर में इस संबंध में हुई बैठक में परीक्षा और पाठ्यक्रम को लेकर बने प्रस्तावों पर अधिकारियों ने चर्चा की माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि कक्षा एक से आठ तक के स्टूडेंट्स का सिलेबस कम करने का निर्णय हो चुका है वहीं कक्षा नौ से बारह तक का सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले ही कम कर चुका है उससे ज्यादा कम नहीं किया जायेगा परीक्षा और पास होने के लिए निर्धारित अंकों में बदलाव करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है कोटा जिले के सुल्तानपुर में ट्रक और जीप की आमने सामने की टक्कर में जीपे में सवार पांच लोगों की मृत्यु हो गई यह हादसा दिगोद थाना क्षेत्र के उम्मेदपुरा पेट्रोल पंप के पास हुआ

गम्भीर रूप से घायल तीन लोगों का कोटा के एमबीएस अस्पताल और मामूली रूप से घायलों का सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया जा रहा है उधर हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ावाली के चक छह बीएचएम धोरेवाला गांव में कल रात एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से तीन लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो गयी प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चौथे और अंतिम चरण के लिए चूनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं

गृह मंत्री अभित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नौसैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाए दी है